प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूल नौ महीने बाद आज से खुले दसवीं और बारहवीं के छात्रों ने गाईडलाइन के साथ शुरू की पढ़ाई पंद्रह लाख का ईनामी कुख्यात नक्सली जिदन गुड़िया आज खूंटी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है वहीं ग्रामीण इलाकों में शीतलहरी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है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

मास्क पहनें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 हाथ और मंह साफ रखें

नए वर्ष में बड़े पैमाने पर युवक युवकों को नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है

इसके अलावा स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए भी एक्शन प्लान बनाया जा रहा है श्री सोरेन ने आज दुमका स्थित अपने आवास में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सुजन सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है इसके लिए हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं

इस मौके पर कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी वही पिछले एक साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों से भी जनता को अवगत कराया जाएगा जनता की उम्मीदों पर हमारी सरकार खरा उतरने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित कान्हाचट्टी प्रखंड में ग्रामीणों के बीच साड़ी कबंल और लूंगी का वितरण किया वहीं प्रखंड के पेलतौल गांव में श्रम मंत्री श्री भोक्ता ने किसानों के लिए संचालित की जाने वाली धान क्रय केंद्र का उदघाटन किया उदघाटन के मौके पर मंत्री ने कहा कि केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकार भी किसानों के हित के लिए अत्यंत गंभीर है उन्होंने कहा कि पूर्व में कुल सात धान क्रय केंद्र थे जिसे वर्तमान में हेमंत सरकार ने बढ़ाकर बारह कर दिया गया है ताकि किसानों को धान बेचने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े उन्होंने कहा कि किसान अब बिचोलिया के हाथों की कठपुतली ना बने और अपने धान को धान अधिप्राप्ति केंद्रों के जरिए ही बेचे ताकि किसानों को अपने बेचे गए धान की सरकारी कीमत का लाभ मिल सके

इन संविदाकर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए राज्य सरकार को ही वित्तीय भार का सहन करना पड़ेगा

इसलिए सरकार इनके मानदेय का भुगतान अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से करने पर विचार करेगी

उन्होंने फिलहाल आंदोलनरत लिपिक व इंजीनियरों से अपने आंदोलन को स्थगित रखने की मांग की है राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं छात्र छात्राओं को कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठने की अनुमति दी गयी है

वर्ही दो बेंचों में भी दूरी रखी गयी

शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमैट्रिक हाजरी नहीं ली गयी जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन में सम विषम रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया गया है स्कूलों में दो पालियों में कक्षाएं हो रही हैं

मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार मार्च में आयोजित की जानी है जिसे देखते हुए बच्चों की तैयारी कराने की दिशा में कदम उठाया गया है सूबे में कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संचालकों ने आज रोंची की सड़कों पर प्रदर्शन किया कोचिंग संचालकों ने रांची की सड़कां पर कचहरी चौक से लालपुर चौक तक पैदल मार्च निकाला झारखंड काचिंग एसोशिएसन के सुनील जायसवाल ने बताया कि संघ के सदस्य सीएम से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के सामने कोचिंग खोलने की गुहार लगा चुके हैं लेकिन हमारी मांग पर सरकार विचार नहीं कर रही है कोचिंग संस्थानों के हजारों शिक्षक बेरोजगार हैं उनके सामने भुखमरी के हालात हैं लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है सड़क पर उतरने के अलावा कोचिंग संचालकों के पास कोई विकल्प ही नहीं था

एक दशक से ज्यादा समय तक वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई में सक्रिय रहा

तब उसपर कुल आठ मामले दर्ज थे

उसके बाद दुबारा फिर कमी जिदन गुड़िया पुलिस की पकड़ में नहीं आया पीएलएफआई के नक्सलियों के मूरह थाना में होने की प्रख्ता सूचना होने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और उग्रवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई मुठभेड़ में लगभग ढाई सौ से तीन सौ राउंड गोलियां चली हैं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से कुख्यात नक्सली जिदन गुड़िया का शव बरामद किया घटना के बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी करके पुलिस अब भी सर्च अभियान चला रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हई इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता से कोर्ट के समक्ष आवेदन देकर आग्रह किया गया कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को ट्वीटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर रोक लगाई जाए इसपर कोर्ट की ओर से निशिकांत दूबे के अधिवक्ता से जवाब मांगा गया निशिकांत दूबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने इसके लिए अदालत से दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया

राज्य के निशक्तता आयुक्त सतीश चन्द्रा ने कहा कि दिव्यांग जनों के मामले में सिविल सोसाइटी एवं गैर सरकारी संगठनों को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है पूरे राज्य में दो लाख दिव्यांग जनों को लाभान्वित किया जा रहा है इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए सरकार की कई अग्रिम योजनाएं हैं जो अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होंगे राज्य के निशक्तता आयुक्त रामगढ़ जिले के चितरपुर में आज दिव्यांग जनों के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सनतानबे दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गई है अबतक एक लाख दस हजार तीन सौ सात मरीज ठीक हुए है

जबकि राज्य में एक सौ बेरासी मरीज ठीक हुए हैं

इनमें एक हजार सात सौ आठ सक्रिय केस हैं अब तक राज्य में एक हजार दस लोगों की मौत कोरोना से हई हैं

कल दस हजार तीन सौ छियासलीस कोविड टेस्ट हुए बादल छंटते ही आज भी राज्य शीतलहर की चपेट में है रांची में ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है अचानक पारा गिरने और शीतलहर से राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी परेशानी हो रही है

इधर देर रात मैकलुस्कीगंज और कांके में तापमान काफी नीचे पुहंच गया कोडरमा जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है जहां एक ओर तापमान में भारी गिरावट आ रही है वहीं शीतलहरी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है

इसके प्रक्रिया आज से शुरू हो गई सबसे पहले कोडरमा प्रखंड के लोकाई में आदिम जनजाति बिरहोरों के बीच कंबल का वितरण किया गया

जिले के उपायुक्त रमेश घोलप के अलावा अन्य अधिकारियों ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे

लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है रांची आरपीएफ की नन्हे फरिश्ते टीम ने दो नाबालिग लड़कियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है दोनों लड़िकियों को घरेलू काम के लिए दिल्ली भेजा जा रहा था इसमें एक झारखंड के गुमला की और दूसरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की थी दोनों को सोमवार को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया